नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश से कोसी नदी उफान पर

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर पास करने वाले छात्र को फेल करने के आरोप में एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है यह राशि पीड़ित छात्र को दी जायेगी बताया जाता है कि समिति ने छात्र को वैकल्पिक विषय अंग्रेजी में दो अंक दे दिये थे लेकिन जब जांच हुई तो उसे बत्तीस अंक मिले वहीं न्यायालय ने राज्य के स्थायी निवासियों के बच्चों को दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र पर राज्य कोटे का लाभ देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है और छात्रों को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से ली जाने वाले कांउसिलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है मुजफ्फरपुर जिले में बालिका गृह में हुई घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ब्रजेश ठाकुर की स्वयंसेवी संस्था को काली सूची में डाल दिया है स्वास्थ्य विभा के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी को निर्देश दिया गया है कि सभी एनजीओ की गहन समीक्षा करने के बाद ही उन्हें राशि जारी किया जाए उन्होंने कहा कि ठाकुर के सभी संस्थाओं का पता लगाया जा रहा है और उन्हें काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा रही है इसके साथ ही उसके डेढ़ करोड़ के अनुदान पर रोक लगा दी गयी है उधर विज्ञापन सूची से ठाकुर के अखबार प्रातः कमल और हलाते बिहार को बाहर निकाल दिया गया है अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है सूत्रों ने बताया कि ब्रजेश ठाकूर की संस्था स्वाधार से गायब ग्यारह महिलाओं के संबंध में बाल सुधार गृह की संरक्षक से पूछताछ की जायेगी साथ ही नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्सन के अधिकारियों से भी पूछताछ होगी केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि एकीकृत कृषि देश के लिए आवश्यक हो गयी है जिससे किसानों की आय दो हजार बाईस तक दुगुनी की जा सकेगी उन्होंने कहा कि एकीकृत कृषि प्रणाली पारिवारिक पोषण पारिस्थितिक सुरक्षा और रोजगार सृजन के माध्यम से उत्पाद तथा मुनाफा बढ़ाने और लागत में कमी करने में सहायक है उपमुख्यमंत्री सह जीएसटी के गठित मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कल नई दिल्ली में होने वाली जीएसटी की बैठक में व्यापारियों की समस्याएं दूर की जायेगी उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम तथा छोटे व्यापारियों को आ रही समस्याओं से निपटने के लिए विशेष बैठक हो रही है श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी के लिए निबंधित एक करोड़ बारह लाख करदाताओं में से मात्र सात प्रतिशत से चौरासी प्रतिशत राजस्व प्राप्त हो रहा है उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों का टर्न ओवर पांच करोड़ से कम है उनसे सोलह प्रतिशत की राजस्व प्राप्त होती है श्री मोदी ने कहा कि तेरह महीने में तीन सौ चौसठ वस्तुएं और अड़सठ सेवाओं पर कर की दर में कटौती की गयी है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार ने दो सौ छत्तीस शहरों में छह सौ तेरासी निजी एफ एम रेडियो चैनलों की ई नीलामी को मंजूरी दे दी है इन शहरों में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक लाख तक की आबादी वाले दस शहर शामिल हैं इसके साथ ही एक लाख से अधिक और तीन लाख तक की आबादी वाले एक सौ पचहत्तर शहर भी शामिल हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत देशभर में एक लाख से अधिक लोगों को वैकल्पिक प्रशीतक पदार्थों पर आधारित रफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों के तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा इस तरह के रेफ्रीजरेटरों में वायुमंडल की ओजोन परत को कमजोर करने वाले पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाएगा केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि चालीस करोड़ रूपए लागत की यह कौशल विकास परियोजना सोलह महीने में पूरी होगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चार जिलों में जैविक खेती के लिए शुरू की गयी इनपूट अग्रिम अनुदान योजना की राशि बढ़ायी जायेगी उन्होंने कहा कि वर्तमान में सब्जी की खेती से पूर्व किसानों को अधिकतम तीस डिसमल खेत के लिए अनुदान देने की व्यवस्था है इसमें समस्तीपुर नालंदा पटना और वैशाली के बीस हजार से अधिक किसानों को ई कैश के जरिए इसका लाभ मिल चुका है श्री कुमार ने कहा कि मक्का और पान के किसानों को भी मुआवजा देने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश से कोसी नदी उफान पर है जिसके कारण आस पास के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है उधर बारिश के कारण बेगूसराय जिले के वाया नदी में जलस्तर बढ़ने से दादूपुर घाट पर बना पुल धंस गया जिससे कई पंचायतों के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में अगले दो दिनों मॉनसून सक्रिय रहेगा कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार पुनपुन घाघरा बागमती कोसी गंडक और महानंदा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है कोसी नदी का जलस्तर बसुआ और बलतारा में लाल निशान को पार कर गया है वहीं पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बेगूसराय जिले में पिछले बहत्तर घंटों के दौरान रूक रूक कर हो रही बारिश के कारण एक मकान की दीवार गिर जाने से एक व्रद्ध की मौत हो गयी राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दो हजार सत्रह के लिए छह शिक्षकों का नाम भेजेगा जिसमें आधी महिला शिक्षिकाएं होंगी शिक्षा विभाग के सचिव रोबर्ट एल चौंग्थू ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पांच अगस्त के पूर्व वे शिक्षकों की सूची भेज दें राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोटर्स काम्पलेक्स में सम्पन्न पैंतालीसवीं बिहार राज्य जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के दोनों वर्ग का खिताब पटना ने जीत लिया है बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में पटना ने बेगूसराय को और बालिका वर्ग में सीतामढ़ी को पराजित किया राज्य परिवहन विभाग ने प्रदेश में मालवाहक गाड़ियों के लिए माल ढोने की क्षमता तय कर दी है परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहनों के एक्सल के हिसाब से माल लदान क्षमता तय की गयी है एक ध्री वाली गाड़ियों के लिए तीन टन जबकि दो टायर के साथ एक ध्री वाले वाहन के लिए साढ़े सात टन वजन तय किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कन्या उत्थान योजना की शुरूआत राजधानी पटना से करेंगे इसमें बेटियों का संरक्षण स्वास्थ्य शिक्षा और स्वालंबन जैसी योजनाएं शामिल हैं नालंदा जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में डूबने से एक किशोर समेत तीन लोगों की मौत हो गई वहीं मुंगेर जिले में नदी में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गयी जिनमें से दो सगे भाई थे पूवी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी के जवानों ने चौरानवे हजार जाली नोटों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है औरंगाबाद जिले में गया मुगलसराय रेलखंड के सोननगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से चार देशी पिस्तौल बरामद किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर उच्चतम न्यायालय के नोटिस को खबर बनाते हुए लिखा है सुप्रीम कोर्ट का बिहार और केन्द्र को नोटिस दैनिक जागरण ने सूबे में वाम दलों के बंद का रहा आशिंक असर को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने नियोजित शिक्षकों के मामले पर सुर्खी दी है सरकार ने कहा समान वेतन तो नहीं दे सकते पर पांच साल में नियोजित शिक्षकों की न्यूनतम सैलरी चालीस हजार हो जायेगी प्रभात खबर ने बिहार बोर्ड पर जुर्माने की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है हाईकोर्ट का आदेश छात्र को एक लाख रूपये का मुआवजा दे बिहार बोर्ड

नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश से कोसी नदी उफान पर